राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी परथिबन ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हए बताया कि बड़ी संख्या में लोगो को एकत्र होने से रोकने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है वही द्रसरी तरफ अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आठ ज्न से धार्मिक स्थलोंमॉल रेस्टॉरेंट होटलो और कार्यालयो को खोलने की तैयारी कर रहे है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गत चार जून को एक आदेश जारी कर इन स्थानों को खोलने के लिए स्टेंडार्ट आपरेटिंग प्रोसेड़यर जारी किया था

जिसमें से अइतालीस सक्रिय मामले है और एक व्यक्ति स्वस्थ हो च्का है राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय दवारा कल शाम जारी ब्लेटिन के अन्सार दो नए मामलो की प्ष्टि क्वारंटिन सेंटर से हई और उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है गौरतलब है कि चांगलांग और ईस्ट सियांग जिलों से ये दो नए पॉजिटिव मामले का पता चला है

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले छह वर्षों में प्राथमिकता और संरक्षक की भूमिका के कारण यह संभव हो पाया है वे सरकार का एक साल प्ररा होने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर एक प्रस्तक और इसका ई संस्करण जारी करने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे

इसके कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र ने पार्सल के अलावा चार सौ टन कार्गो सप्लाई प्राप्त की है

डॉ सिंह ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में ब्नियादी ढांचा ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हआ है

दोनों देशों के नेताओं के बीच समझौतों में यह सहमति बनी थी कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि लेह में स्थित कोर कमांडर और चीन के कमांडर के बीच कल की बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में ह्ई हाल के सप्ताहों में भारत और चीन ने दोनों देशों की सीमा पर स्थिति से निपटने के लिए स्थापित राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए संवाद बनाये रखा है दोनों देश म्द्दों का समाधान करने और सीमा क्षेत्रों में शांति तथा सौहार्द बनाये रखने के लिए सैन्य और राजनयिक संवाद जारी रखेंगे

इससे ईस्ट सियांग लोअर दिबांग वैली नामसाई चांगलांग जिला का क्छ हिस्सा लोहित और अंजाव जिलों में ग्रीड पावर आपूर्ति बाधित होगी मरम्मत का कार्य जिसमें जंगलो की सफाई सहित लाइन सामान के साथ कंडक्टरो का प्नर्स्थापन का कार्य तीन चार दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है